बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के इस संदेश को भी याद रखना है दवाई भी और कड़ाई भी

पश्पालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को ऐवियन इंनफंल्एंजा बारे कार्य योजना के अन्सार इस बीमारी की रोकथाम और इसे फैलने से रोकने के सलाह दी है जिनमें पोल्ट्री फार्मो की जीव सुरक्षा को और बढ़ना प्रभावित क्षेत्रों कों संक्रमण मुक्त करना और मृत पक्षियों का उचित निपटान शामिल है

इसके अलावा प्रभावित पक्षियों से इन बीमारी को द्सरे पक्षियों और मन्ष्यों तक फैलने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को भी कहा गया है राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पक्षियों की असाधारण मृत्यु बारे खबर देने के लिए वन विभाग के साथ तालमेल करें भारत में अभी तक ऐवियन इंनफंलूजा संक्रमण के मन्ष्यों में फैलना का कोई मामला सामने नहीं आया क्योंकि यह जीवों से सम्बधित है इस बीमारी बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है यह वायरस खराब पोलट्री उत्पादों का इस्तेमाल करने से मन्ष्यों में फैल सकता है केन्द्र सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों का खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे आज से यात्रियों का किराया बढ़ाने की योजना बना रही है एक टवीट में में पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को फर्जी करार दिया है सूचना पत्र कार्यालय ने स्पष्ट किया है किराये बढ़ाने काकोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अन्सार पूर्वाभ्यास की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और इसके लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है

प्रवेश दवार दवार पर मिलान करने पर उसको टीकाकरण वाले कमरे में भेजा जायेगा उसके बाद पंजीकरण के समय दिये पहचान पत्र से सत्यापन करने के बाद उसे टीका लगाने का अभ्यास किया जायेगा जिसके बाद उसे एक मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जायेगा कि दूसरा टीका कब लगेगा टीका लगाने के बाद व्यक्ति को आधा घंटा डाक्टर की देख रेख रखा जायेगा दादरी झज्जर पंचकूला अम्बाला और करनाल में भी पूर्वाभ्यास की तैयारियां मुकम्मल किये जाने की जानकारी मिली है हरियाणा उर्दू अकादमी ने उर्दू प्स्तकों को प्रस्कार देने व पांड्लिपियों के प्रकाशन के लिए अनुदान देने की घोषणा की है

परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है

भारत ने कल सिडनी क्रिकेट मैदान में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने महत्वपूर्ण मैच के लिए खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है रोहित शर्मा श्भमान गिल के साथ बल्लेबाज़ी की शुरूआत करेंगे और य्वा खिलाड़ी नवदीप सैनी आस्ट्रेलिया खिलाफ इस तीसरे मैच में पहली बार खेल रहे है मयंक अग्रवाल को बाहर रखा गया है क्योंकि वो पहले दो मैचों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाये थे